पालमपुर की घनेटा पंचायत के बरांकड़ गांव में कल जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही विपिन परमार ने कहा कि सुलह क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में पेयजल सुधार के लिए तीस करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशामुक्त करने के लिए अनेक प्रभावी कदम भी उठाए जा रहे हैं बिकम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि युवाओं को उद्योग विभाग की स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाएंगे

उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को आवेदन की प्रक्रिया सरल बनाने व स्कूल कॉलेजों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यशालाएं आयोजित करने के भी निर्देश दिए भंडारा जीएसटी केंद्र सरकार ने धार्मिक और परोपकारी संस्थानों द्वारा आयोजित लंगर व भंडारे में परोसे जाने वाले भोजन और प्रसाद पर लगने वाले केंद्रीय जीएसटी तथा एकीकृत जीएसटी का पुर्नभुगतान करने की योजना शुरू की है

इससे सामुदायिक निशुल्क रसोई घर चलाने वाली धार्मिक और परोपकारी संस्थाओं के वित्तिय बोझ में कमी आएगी सुभाष ठाकर बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा है कि क्षेत्र के लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाने के लिए विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी वे कल सोलग में जनसमस्याएं सुनने के बाद एक जनसभा में बोल रहे थे सुभाष ठाकुर ने कहा कि लोगों को बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए दरोबर सराई घाटी सड़क को जल्द पक्का किया जाएगा

शिमला ग्रामीण के उपमंडल अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि इसी कड़ी में बसंतपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल करेंगे उन्होने कहा कि कार्यक्रम के संबंध मे लोगों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है यूजीसी की नेट परीक्षा से जुड़ी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल के पांच दृष्टिबाधित छात्रों ने नेट पास कर रचा इतिहास दैनिक जागरण लिखता है दर्जी के बेटे ने सिल दी सफलता की इबारत अजीत समाचार के शब्द हैं प्रदेश में पांच दृष्टिहीनों दो दिव्यांगों ने यूजीसी नेट पास कर रचा इतिहास इटली से आयातित सेब के पौधे की जांच ख्ली शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है सरकार ने शिमला तबल किए न्यूजीलैंड के कंसल्टैंट

फर्जी खाते खुलवाकर हरियाणा तक बांट दी स्कूली बच्चों की स्कॉलरशिप शीर्षक से दैनिक भास्कर ने खबर दी है सौ करोड़ रूपए से जयादा के घोटाले का अंदेशा इसी पत्र की एक अन्य खबर है प्रदेश में दस नए रूटों पर हैलीटैक्सी दिसंबर से

अमर उजाला के मुताबिक जाली नोट मामले में बैंक प्रबंधन पर केस प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर दिव्य हिमाचल हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है खाली पद भरने के लिए क्या किया

अमर उजाला की खबर है बकलोह के सैन्य इलाके में दिखे संदिग्ध रात भर सर्च ऑपरेशन

दिव्य हिमाचल की एक खबर है कालका शिमला फोरलेन की स्टेटस रिपोर्ट तलब हिमाचल में छात्र संघ चुनाव की जगी उम्मीद शीर्षक से आपका फैसला लिखता है एबीवीपी के दखल से हरियाणा में हुए छात्र संघ चुनाव बहाल अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय सुरक्षित होगी भावी पीढ़ी में लिखा है कि नशे पर अंकुश लगाने के लिए स्कूलों में विद्यार्थियों की मेडिकल जांच न केवल भावी पीढ़ी को सुरक्षित करेगी बल्कि इस बुराई के नाश में सहायक साबित होगी दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय भूमि बैंक से एस्टेट प्राधिकरण तक में लिखा है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के तहत पूर्व में बंटी जमीन प्राधिकरण के तहत लाकर सरकारी संपत्तियों और जमीन का सदुपयोग होगा और अतिकमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई से भूमि उपलब्ध होगी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

नमस्कार